कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 राज्यपाल द्रौपदी मूर्म आज हजारीबाग स्थित अन्नदा चौक में बने कीर्ति स्तंभ का उदघाटन करेंगी इसके बाद टाउन हॉल में दिगंबर जैन पंचायत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी अन्नदा चौक पर दिगंबर जैन पंचायत द्वारा बनवाए गए कीर्ति स्तंभ के उदघाटन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है प्रशासनिक अधिकारी भी राज्यपाल के आगमन को लेकर तैयारियों में लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा योद्धा पुस्तक का नया संस्करण अब छात्रों और अभिभावकों के लिए नई जानकारियों के साथ उपलब्ध है यह हर जगह सुलभ रहने के साथ ऑनलाइन और परीक्षा वारियर्स मॉड्यूल नमो ऐप पर भी उपलब्ध है श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पुस्तक के नए संस्करण को छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों से मिली मूल्यवान जानकारी के साथ समृद्ध किया गया है उन्होंने कहा कि यह पुस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित करेगी और इससे छात्रों तथा अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ेगा राज्य के मधुप्र विधानसभा सीट पर उपच्नाव के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है भाजपा के उम्मीदवार गंगा नारायण आज नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी मौजूद रहेंगे वहीं महागठबंधन से हफीजूल हसन चुनावी मैदान में हैं सत्रह अप्रैल को मतदान होगा और दो मई को मतों की गिनती होगी

मधुपुर से विधायक और राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद से यह सीट खाली हुई है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला तस्करी के कथित सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला को आज अपने कोलकाता कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है

जल जीवन मिशन के तहत चार करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है

गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां शत प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचा है उसके बाद तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अथक प्रयास से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहंचाने का काम जारी है प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने में तेजी से कार्य कर रहे हैं सरायकेला खरसावां जिले में होली के मौके पर कल एसपी मोहम्मद अर्शी के नेतृत्व में जिला पुलिस ने हार्डकोर नक्सली महाराजा प्रमाणिक के घर दारुदा पहुंचकर उसके माता पिता को गुलाल मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री प्रदान की

झारखंड में पिछले चौबीस घंटों में एक सौ पचपन नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं

स्वास्थ विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या एक लाख तेईस हजार नब्बे हो गई है

जबकि एक लाख बीस हजार बारह मरीज ठीक हुए हैं अबतक राज्य में एक हजार एक सौ दस मरीजों की मौत कोरोना से हुई है झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट सनतानबे दशमलव चार नौ प्रतिशत है लातेहार जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नेतरहाट स्थित अरूणोदय होटल और जिला परिषद के विश्रामागार के लिए नया गाइडलाइन जारी किया है

नीति आयोग में स्वास्थ्य से संबंधित सदस्य डॉ वीके पॉल ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है

वैक्सीन ले जाने वाले विमान फिजी जिम्बाम्बे नाइजर और पराग पहुंचे

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और विश्व को महामारी से निपटने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जानवरों से इंसानों में वायरस का संचार महामारी के प्रकोप का प्रमुख कारण हो सकता है सीएनएन के अनुसार रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि चीन या दक्षिण पूर्व एशिया में किसी जगह पर चमगादड़ों से अन्य प्राणियों में वायरस फैला और उसके बाद वुहान के बाजार में पहुंचा विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम घेब्रेसस ने जिनेवा में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नए कोरोना वायरस की उत्पत्ति से संबंधित सभी अवधारणायें सामने आ चुकी हैं और इस सिलसिले में आगे को अध्ययन से संबंधित बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट आज जारी की जाएगी

रांची में धुर्वा थाना क्षेत्र से पुलिस ने कल हथियार के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है

गुप्त सूचना के आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया है फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही हैं गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई चोरी की बड़ी घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसमें शामिल सात चोरों को गिरफ्तार किया है चोरों के पास से चोरी के कुछ सामान भी बरामद किए हैं एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया कि मुख्य सरगना अभी भी फरार है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है राज्य भर में कल होली का त्यौहार कोविड गाइडलाइन के साथ हर्षोल्लास और एहतियात के साथ मनाया गया

कहीं से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है